प्रदेश हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला पूर्व निर्धारित कार्यकम के अनुसार ही होंगी प्रदेश में स्नातक स्तर की परीक्षाएं

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए समी सदस्यों से आग्रह किया कि वे कोरोना महामारी के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हए जनहित के मुद्दों पर चर्चा करें उन्होंने सदस्यों से सदन को संचालित करने में पूर्ण सहयोग की भी अपील की है

मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के बढ़ते संकमण पर कहा कि अब पहले की तुलना में और ज्यादा सावधानी बरतने की ज्रूरत है

मुख्यमंत्री आज शिमला में प्राकृतिक खेती खूशहाल किसान योजना की निगरानी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनके प्राकृतिक उत्पाद बेचने में सुविधा प्रदान करने के लिए अलग े से स्थान उपलब्ध करवाएगी अनुराग केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस के मनसूबो पर कुठाराघात है अनुराग ठाकुर ने आज एक बयान में कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर घटिया राजनीति कर रही थी उन्होंने कहा कि सप्रीम कोर्ट का फैसला सच्चाई की जीत है उन्होंने कहा कि पी एम केयर फंड का गठन कोरोना काल में लोगोँ की सहायता के लिए किया गया और ये फंड अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल रहा है

प्रशांत ठाकर की शहादत की सचना मिलते ही पूरा इलाका शोक की लहर में डूब गया प्रशांत ठाकर की शहादत की सूचना मिलने पर आज राज्य सैनिक वैल्फेयर बोर्ड के उप निदेशक सेवानिवृत मेजर दीपक धवन ने शहीद के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सांसद सुरेश कश्यप और स्थानीय विधायक विनय कुमार ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई है शहीद प्रशांत ठाकुर का पार्थिव शरीर कल तक उनके पैतृक गाव पहुंचने की संभावना है सुरेश भारद्वाज शहरी विकास और नगर व ग्राम नियोजन मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में भवन निर्माण स्वीकृतियों के लिए ऑनलाईन प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है सुरेश भारद्वाज आज शिमला में नगर व ग्राम नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

महेन्द्र सिंह जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया और भारी बरसात से हुए नुकसान का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने प्रभावितों को तत्काल राहत देने को प्रशासन को निर्देश दिए और कहा कि सरकार प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी

हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश में स्नातक स्तर की परीक्षाएं अब पूर्व निर्घारित कार्यकम के अनुसार ही होंगी प्रदेश उच्च न्यायालय ने इन परीक्षाओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्घारित समय सारणी के अनुसार करवाने की इजाजत दे दी है ये इजाज़त इस मामले पर आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने दी इस संबंध में प्रदेश विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका डाली थी इस बीच प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सिकंदर कमार ने कहा कि अब स्नातक स्तर की परीक्षाए पहले से निर्धारित कार्यकम के अनुसार ही होगी

सिरमौर के उपायुक्त आरंके परूथी ने कहा कि इस आयुष चिकित्सालय में संक्रमित व ए सिम्पटोमैटिक लोगों का ईलाज आयुष पद्धतियों आयुर्वेद योग प्राणायम होम्योपैथी प्राकृतिक चिकित्सा और आयुष काढ़ा से किया जाएगा

राकेश पठानिया वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि राज्य में खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से बहददेशीय खेल मैदान विकसित किए जाएगे इससे युवाओं को खेलकद के अभ्यास के लिए बेहतर सुविधाएं मिल संकेंगी राकेश पठानिया आज धर्मशाला के इंडोर स्पोर्टस स्टेडियम के निरीक्षण के मौके पर बोल रहे थे पठानिया ने बाद में स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के साथ भी एक बैठक आयोजित की

कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश की सेब आधारित अर्थव्यवस्था संकट में हैं आज शिमला जिला के रोहडु खड़ा पत्थर और पराला मंडी के दौरे के बाद राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समय रहते कारगर कदम नहीं उठाए इस कारण आज बागवानों को अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है राठौर ने कहा कि वे बागवानों आढ़तियों और लदानियों को आ रही समस्याओं को तुरंत सरकार के समक्ष उठाएंगे गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकूर ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश की क्षेत्रीय बोलियों को बढ़ावा दिया जाएगा गोविंद ठाक्र आज शिमला में प्राथमिक शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी और व्यवसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है

मारकंडा आज केलंग में जनजातीय विकास परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस सुरंग के बन जाने से लाहौल घाटी वर्ष भर सड़क मार्ग से जूड़ी रहेगी और यहां पर्यटक आसानी से पहच सकेंगे उन्होंने स्थानीय लोगों से पर्यटन की दृष्टि से अपने काम घंघे को आगे बढाने की अपील की शोक व्यक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संगीत सम्राट पदमविभूषण पंडित जसराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा है कि पंडित जसराज के निधन से न केवल संगीत जगत बल्कि पूरे विश्व को गहरा सदमा पहुंचा है